आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश ऐहतियात के तौर पर अपनी सेनाओं की तैनाती करता है और किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जहां तक तीनों सेनाओं का सवाल है उन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता है हम सदा सतर्क रहते हैं हम सदा तैयार रहते हैं किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है और न आपको फिक्र करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि थलसेना वहां के लोगों के साथ वैसा ही मधूर संबंध बनाना चाहती है जो सत्तर और अस्सी के दशक में था उन्होंने यह भी कहा कि घाटी में थलसेना लोगों के साथ बिना हथियारों के सम्पर्क करती रही है और यदि सबकुछ सामान्य रहा तो फिर से ऐसा होगा उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाये जाने के बाद लगाये गये सभी प्रतिबंधों को हटाने से संबंधित याचिका पर केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार को किसी भी प्रकार का निर्देश देने से इंकार कर दिया न्यायालय ने आज कहा कि वह स्थिति सामान्य होने का इंतजार करेगा और इस मामले पर दो हफ्ते के बाद सनवाई करेगा सनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि जम्म कश्मीर में मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं और वहां स्थिति सामान्य होने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए उच्चतम न्यायालय ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को आम्रपाली से मकान खरीदने वालों के लिए फ्लैटों का पंजीकरण शुरू करने को कहा है न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अगर इन प्राधिकरणों के अधिकारी फ्लैट देने में देरी करेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा दोनों प्राधिकरणों ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने आम्रपाली के फ्लैट खरीदने वालों के मामले निपटाने के लिए विशेष सैल गठित किया है और आदेश का पालन किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में देशमक्ति गीत वतन जारी किया यह विशेष गीत द्रदर्शन ने तैयार किया है इस गीत में हाल में चन्द्रयान दू के सफल प्रक्षेपण और सरकार द्वारा उठाये गये कड़े कदमों के बारे में बताया गया है इसमें सशस्त्र बलों की वीरता और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर दूरदर्शन और प्रसार भारती को इस गीत को तैयार करने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये गीत लोगों में देशमक्ति की भावना पैदा करेगा बॉलीवुड गायक जावेद अली द्वारा गाये गये इस गीत को आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और संगीत दूष्यंत का है इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रूस के व्लादिवोस्तोक में भारतीय उद्यमियों के साथ कृषिा खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा वि ाय पर आधारित कार्यक्रम में हिस्सा लिया इस दौरान रूस और उत्तर प्रदेश के बीच कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गये

श्री योगी ने कहा कि भारत तथा रूस के बीच पिछले सात दशकों से प्रगाढ़ संबंध रहे हैं उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में रूसी सहयोग का बड़ा हाथ रहा है रक्षा औद्योगिक और परमाणु क्षेत्र में हमें रूस का भरपूर सहयोग मिला है वहीं उत्तर प्रदेश में भी रूस के सहयोग से अनेक परियोजनाये संचालित हो रही हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने रूस के सुदूर पूर्व राज्यों के राज्यपालों से भी मुलाकात की

उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में ीोध को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में एम्स जैसे ीोध संस्थान खोले जायेंगे केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छ महीने के बुनियादी चिकित्सा पाठ्यक्रम का प्रभारम्भ किया

दुर्घटना में चार अन्य लोग घायल हो गये हैं जिन्हें बदायू और बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहां के जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को दो लाख े रूपये और घायलों पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घो ाणा की है